लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान में निरन्तर तेज़ी आ रही है विभिन्न दलों के प्रमुख नेता मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए देशभर में चुनावी सभाएं कर रहे ह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज शाहजहांपुर के कांट इलाके में एक चुनावी रैली को संबोधित किया श्री शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश के विकास और ग़रीबों के हित में जितना काम किया है वह पूर्ववर्ती सरकारे नहीं कर सको कांग्रेस और गठबंधन का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि यह पार्टियां सिफ वोट बैंक की राजनीति करती रही हैं और विकास इनके एजेंडे से हमेशा गायब रहा उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान एनडीए सरकार ने देश के हर वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और संवैधानिक हितों के संरक्षण के लिये प्रभावी कदम उठाये हैं श्री शाह ने बदायूं में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी के लिय वोट मांगा उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बदायूं में गठबंधन रैली को संबोधित करते हुए लोगों से सपा प्रत्याशी धर्मेन्द्र यादव के पक्ष में वोट देने की अपील की उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल पार्टियां धर्म और जाति आधारित राजनीति पर विश्वास नहीं करतीं बल्कि उन्हें हर वर्ग के समर्थन की जरूरत है बसपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा गठबंधन से भयभीत है रैली को संबोधित करते हये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुये कहा कि वह देश के किसानों नौजवानों और निर्बल वर्गो की बुरी हालत के लिये जिम्मेदार है श्री यादव ने कहा कि सपा बसपा और आरएलडी का गठबंधन गरीबों का गठबंधन है उन्होंने कहा कि नये भारत की संकल्पना नये प्रधानमंत्री से ही साकार होगी प्रदेश में विभिन्न राजनैतिक पार्टिया ने अपना अपना प्रचार अभियान तेज़ कर दिया है प्रमुख नेता उन संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं जहां दूसरे और तीसरे चरण में चूनाव होने हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी कल प्रदेश में दो रैलियों को संबोधित करेंगे और जानकारी हमारे संवाददाता से पहले चरण का चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी प्रचार गतिविधियां दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव पर केन्द्रित कर दी है आज विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने राज्य में चुनाव प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बदायूं और शाहजहांपुर में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन अभी तक अपना नेता ही तय नहीं कर पाया है उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि नरेन्द्र मोदी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे उधर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल नेताओं और अखिलेश यादव और मायावती ने बदायूं में आज अपनी द्रसरी संयुक्त रैली को संबोधित किया मायावती ने बदायू के साथ बुलन्दशहर में भी चुनावी सभाओं को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कल अलीगढ़ और मुरादाबाद में विजय संकल्प रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम है इसके लिये यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार अलीगढ़

चौथे चरण में जिन सीटों के लिये आगामी उन्तीस अप्रैल को वोट डाले जायेंगे उनमें शाहजहांपुर सुरक्षित खीरी हरदोई सुरक्षित मिश्रिख सुरक्षित उन्नाव फर्रूखाबाद इटावा सुरक्षित कन्नौज कानपुर अकबरपुर जालौन सुरक्षित झांसी और हमीरपुर शामिल है चौथे चरण के चुनाव में प्रमुख उम्मीदवारों के रूप में पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खर्शीद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और निवर्तमान सांसद डिम्पल यादव भाजपा नेता रामशंकर कठेरिया सत्यदेव पचौरी और कांग्रेस के श्रीप्रकाश जायसवाल के राजनैतिक भविष्य का फैसला होगा इस बीच पांचवें चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का काम जारी है और अट्ठारह अप्रैल तक पर्चे भरे जा सकते हैं जबकि इस चरण में नाम वापस लेने की अंतिम तारीख बाईस अप्रैल नियत की गई है पांचवें चरण का मतदान छह मई को होगा रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एन्ड्रयू द एपसल से सम्मानित करने की घोषणा की है यह सम्मान उन्हें रूस और भारत की सरकारों और जनता के बीच विशेष सद्भाव और साझेदारो को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस सम्मान के लिये चुने जाने पर उन्हें बधाई दी है श्री शाह ने कहा कि यह सभी भारतीयों के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है और देशवासियों का इससे सम्मान बढ़ा है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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि यह भयानक नरसंहार सभ्यता पर कलंक है और इसे भारत कभी भुला नहीं पाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश इन शहीदा का बलिदान कभी भुला नहीं पायेगा उन्होंने कहा कि यह बलिदान हमें ऐसे सुदृढ़ भारत के निर्माण के लिए और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा देता है जिस पर गर्व किया जा सके कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी इधर जौनपुर ज़िले के सरावां गांव स्थित शहीद लाल बहादूर गूप्त स्मारक पर हिन्दूस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने इस नरसंहार में शहीद हुये क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस मनाया

यह दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्रीराम के जन्म दिवस का प्रतीक है राम नगरी अयोध्या मं राम नवमी की धूम है नगर के सभी मंदिरों में रामजन्मोत्सव श्रद्वा भाव के साथ मनाया गया एक रिपोर्ट नौमी तिथि मधुमास पुनीता सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति सीत न घामा पावन काल लोक बिश्रामा गोस्वामी तुलसीदास का भगवान श्रीराम के प्राकट्व का यह अनुभव आज अयोध्या के चौराहों से लेकर गलियों तक महसूस किया जाता रहा दोपहर ठीक बारह बजे मंदिरों के पट भव्य आरती के साथ खुले और भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी की ध्वनि कनक भवन और श्री राम बल्लभा कुञ्ज सहित सभी मंदिरों में गूंजने लगे और श्रद्दालुओं के भक्ति कलश से रह रह कर टपकते छलकते श्रद्दा के भावं जयकारे के रूप में गुंजायमान होते रहे यह आस्था का चरम उल्लास था कतार में एक दो नहीं लाखों लोग थे और सभी के चेहरे से उत्सव का स्वाभाविक आनंद बयां हो रहा था जन्म के समय मंदिर में जमा हजारों लोगों के कंठ से समवेत बधाई गान की स्तुति फूट पड़ती है लोगों ने गले मिलकर बधाइयां दीं और प्रसाद ग्रहण किया राजेंद्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या जौनपुर में रामनवमी शोभा यात्रा समिति ने रामनवमी और नव वर्ष के पावन अवसर पर रामलला की भव्य शोभा यात्रा निकाली यह शोभा यात्रा शहर क मुख्य मार्गो से गुजरते हुये कजगांव पड़ाव पर पहुंच कर सम्पन्न हुई शोभा यात्रा में शामिल पालकी में विराजमान भगवान श्रीराम का सजा हुआ रथ लोगों के लिये आकर्षण का केन्द्र बना रहा इस अवसर पर हमीरपुर में भी मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई इस दौरान मतदान के लिये लोगों को प्रेरित करने वाली झांकी आकर्षण का मुख्य केन्द्र रही फसल कटाई का त्यौहार बैसाखी आज देश के उत्तरी भागों में पारम्परिक आस्था और उल्लास से मनाया जा रहा है पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में यह त्यौहार धूम धाम से मनाया जाता है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैसाखी पर लोगों को शुभकामनाएं दी है उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि बैसाखी का त्यौहार देश की गौरवशाली परम्परा और विरासत का प्रतीक है